मतदान दलों की रवानगी आज से शुरू

प्रदेश में सात दिसम्बर को होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रचार का दौर आज शाम पांच बजे थम जायेगा इसके साथ ही सभा रैली जुलूस और रोड शो पर प्रतिबंध लग जायेगा इसके बाद उम्मीदवार केवल घर घर जनसंपर्क ही कर सकेंगे उधर निर्वाचन विभाग ने मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली है

मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने कहा कि चुनावी शोर थमने के बाद राजनैतिक दल और उम्मीदवार सिनेमा द्रदर्शन अथवा इलेक्ट्रोनिक माध्यम से चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे वहीं संगीत समारोह नाट्य अभिनय या अन्य कोई मनोरंजन कायकम के ॅजरिये भी चुनाव प्रचार पर रोक रहेगी विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज प्रमुख राजनैतिक दलों कांग्रेस और भाजपा सहित अन्य दल और प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे

हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री की सभा को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और लोगों में उत्साह देखा जा रहा है

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज जयपुर में प्रेस कांफ्रेंस और अजमेर में रोड शो करेंगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह नोहर बुहाना और झुंझुनू में स्मृति ईरानी विराटनगर बानसूर और जयपुर में तथा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कल्याणपुर खेरवाडा आनंदपुरी बागीदोरा सांगोद और झालावाड में रोड शो करेंगी उधर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट टोंक और सवाईमाधोपुर में चुनाव प्रचार करेंगे वहीं अशोक गहलोत जैतारण और जोधपुर में राजबब्बर धौलपुर राजाखेडा और किशनगढ में तथा कुमारी शैलजा किशनगढबास और लालसोट में चुनावी सभाएं करेंगी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और मनीष तिवाडी सार्दुलशहर और रायसिंह में जनसभाओं को संबोधित करेंगे राज्य में शुक्रवार को होने वाले मतदान के लिए आज से मतदान दलों की रवानगी का काम शुरू हो हो रहा है

नागौर जिले में मतदाताओं की मदद करने के लिए मतदान केन्द्रो पर स्काउट गाइड कैडेट तैनात किए जाएंगे बीकानेर में मतदान के लिये आवश्यक तैयारियां कर ली गई है प्रचार के अंतिम दिन आज प्रत्याशियों ने भी जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है

उच्चतम न्यायालय में कल पेश की गई एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है

अदालत के आदेश पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने यह रिपोर्ट तैयार की हैं उच्चतम न्यायालय ने राज्यों और उच्च न्यायालयों से इस बारे में जानकारी मांगी थी

ये उपग्रह देशभर में ब्रॉडबेण्ड सुविधा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा

प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश ने कहा है कि समाज के वंचित वर्गो के विचारों और अपेक्षाओं को स्वर देने के लिए सभी टेलीविजन चैनलों को लोक सेवा प्रसारक के रूप में काम करना चाहिए कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रत्येक टेलीविजन चैनल को अपने प्रसारण समय का एक भाग समाज के वंचित वर्गों को लाभ पहंचाने वाले कार्यक्रमों के लिए निर्धारित रखना चाहिए